प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा दस फीसदी आरक्षण केबिनेट ने भी दी मंजूरी

किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का श्भारंभ किया

इसमें अगले तीन साल के लिए दस हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रुपए खर्च होंगे

साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरूआत भी की स्वरोजगारियों और छोटे व्यवसायी भी इस राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं

श्री मोदी ने आदिवासियों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए चार सौ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन भी किया इन स्कूलों में खेलकूद कौशल विकास पर ध्यान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार एक आदिवासी बच्चे पर एक लाख रूपये से अधिक साल भर में खर्च करेगी केबिनेट बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज भोपाल में केबिनेट की बैठक हुई जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने केबिर्नेट में लिए गये निर्णयों जानकारी दी उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय बनाये जाने की मंजूरी दी गई है इसके लिए पचास हेक्टयर जमीन दी जायेगी श्री शर्मा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शैक्षिणक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण दिये जाने को भी मंजूरी दी गई है

नई शिक्षा नीति देश की नई शिक्षा नीति जल्द साकार होने जा रही है मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले माह तक इसे पेश कर सकता है नीति के लिए मिले दो लाख सुझावों का मंत्रालय अध्ययन कर रहा है

इसके लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक सभिति का गठन किया गया था

कांग्रेस बैठक नई दिल्ली में आज कांग्रेस महासचिवों प्रदेश प्रभारियों प्रदेश अध्यक्षों पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा विघायक दलों के नेताओं की एक बैठक हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुये श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि इन चुनावों में खोये जनाधार को वापस लाने के लिए हमें केवल पार्टी हित को सर्वोपरि रखना होगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर देश में आर्थिक मंदी के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इससे निपटने के बजाय जनादेश का दुरूपयोग कर बदले की राजनीति में लगी है स्वच्छता धार स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत कल धार जिले की सभी सात सौ इकसठ ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का प्रसारण भी लोगों ने सुना

आज ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने लिखा है कि सड़क हादसों को रोकना और लोगो की जान की हिफाजत हम भी चाहते हैं पर यह भी देखना चाहिये कि जूर्माना अव्यवहारिक नहीं हो

प्रदेश भर में भगवान गणेश की मूर्तियों को चल समारोह निकाल कर नदियों और सरोवरों में विसर्जित किया जा रहा है प्रशासन ने भी विसर्जन के लिए व्यापक तैयारियां की हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन के लिए अलग से जलक ंड बनाये हैं ताकि जल को प्रदृषित होने से बचाया जा सके प्रदेश के विभिन्न जिलों से मिल रहे समाचारों के अनुसार चल समारोह और प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है प्रदेश भर में प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये हैं मु अभिलेख प्रदेश में अब भू अभिलेख लोक सेवा केंद्रो से प्राप्त होंगे अब किसान तहसील कार्यालय का चक्कर लगाने की जगह आनलाइन भू अभिलेख प्राप्त कर सकते है उमरिया जिले में इस योजना पर अमल शुरू हो गया है

अधिकांश नदियां उफान पर हैं नर्मदा नदी खतरे के निशान से कई फीट ऊपर बह रही है जबकि उज्जैन में क्षिप्रा के आसपास के मंदिर डूब गये हैं

कांगपुर पुल कल क्षतिग्रस्त हो गया जिससे शमशाबाद सहित कई गांव और कस्बो का संपर्क ट्रट गया है भोपाल में भी भदभदा कोलार और कलियासोत बांधों के द्वार खोलने पड़े

इसमें मेहरून्निसा परवेज सहित कई जाने माने साहित्यकार शामिल होंगे